मुम्बई में उन्होंने बताया कि इन कम्पनियों से सरकार ने जवाब मांगा है

गौरतलब है कि अखिल भारतीय व्यापारिक परिसंघ ने इन दोनों कम्पनियों के खिलाफ सरकार को जांच के लिए शिकायत की थी

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जीतेंद्र सिंह ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक अनूठी और सफल स्वास्थ्य बीमा योजना है

उन्होंने दलहन और तिलहन के समर्थन मूल्य तथा खरीद अवधि को बढाने की मांग की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा के तहत संचालित मूल्य समर्थन योजना के दिशा निर्देशों में आवश्यक परिवर्तन का अनुरोध किया है ताकि राज्य के किसानों को अधिकाधिक लाभ मिल सके

राजफैड के अधिकारी ने बताया कि फसल तुलाई के लिए आवश्यक दस्तावेजों में भामाशाह आधार कार्ड बैंक पास ब्रेक गिरदावरी रिपोर्ट शामिल हैं राजस्व सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए खरीद के दौरान हर क्रय केन्द्र पर एक नायब तहसीलदार गिरदावर और हलका पटवारी की ड्यूटी लगाई जाएगी

मेले में आज प्रोफेसर नवल किशोर की तीन पुस्तकों का विमोचन किया गया वही मेले में लगाई गई डिजिटल मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में सेना के जवानों एनसीसी और स्काउट के कैडेट्स तथा छात्र छात्राओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के बारे में जानकारी हासिल की